शीर्ष न्यायालय ने केन्द्र सरकार से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा

लोगों को हो रही है परेशानी

उच्चतम न्यायालय ने नागरिकता संशोधन कानून सीएए के अमल पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है प्रधान न्यायधीश न्यायमूर्ति एसए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि केन्द्र का पक्ष सुने बगैर नागरिकता संशोधन कानून पर रोक को मंजूरी नहीं दी जा सकती शीर्ष न्यायालय ने केन्द्र सरकार से इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है न्यायालय ने कहा है कि इस मामले को सुनने के लिए एक बड़ी संविधान पीठ का गठन किया जायेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज प्रगति के माध्यम से बिहार सहित नौ राज्यों की आधारभूत संरचनाओं और विकास परियोजनाओं की समीक्षा की चौबीस हजार करोड़ रूपये से अधिक की इन लंबित परियोजनाओं पर काम चल रहा है श्री मोदी ने अधिकारियों को रेलवे सड़क परिवहन राजमार्ग पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की विभिन्न लंबित परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिये प्रगति सूचना प्रौद्योगिकी और संचार पर आधारित एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री अधिकारियों के साथ संवाद करते हैं राज्य भर के दवा द्वकानदार अपनी मांगों के समर्थन में आज से तीन दिन की हड़ताल पर चले गये हैं बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने हड़ताल का आहवान किया है विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि दवा दुकानों के बंद रहने से लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है संघ के अध्यक्ष प्रसन कुमार सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार को दवा दुकानों में फार्मासिस्ट रखने की अनिवार्यता के प्रावधान को समाप्त करना चाहिए इसके अलावा इस प्रावधान के तहत जिन दुकानों के लाईसेंस रद्द किये गये हैं उन्हें बहाल करने की मांग की गयी है वहीं जिन दुकानों में फार्मासिस्ट हैं वे हड़ताल में शामिल नहीं हैं रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर एन सी सी यूवाओं में राष्ट्रीय गौरव की भावना को बढ़ाने का काम करता है उन्होंने नई दिल्ली में एन सी सी कैडेटों को सम्बोधित करते हुए कहा कि हर स्कूल और कॉलेज में एन सी सी होनी चाहिए श्री सिंह ने राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र निर्माण में एन सी सी कैडेटों के योगदान की सराहना की साउंड बाईट ऑपरेशन में भी एनसीसी कैडेट्स ने एक्सिस्ट किया है और वैसे भी बहत सारे लोग सोशल अवेयरनेस पैदा करने में और कम्युनिटी डवलेपमेंट के कार्यक्रम इनमें भी एनसीसी के कैडेट्स बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते है इस वर्ष होने वाले इकहत्तरवें गणतंत्र दिवस आयोजन की तैयारियां प्रे जोरों पर हैं यह दिवस छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ पचास को भारतीय संविधान के आधिकारिक रूप से लागू होने की याद में मनाया जाता है हमारे संवाददाता ने लम्बे समय से आयोजित की जा रही गणतंत्र दिवस परेड के बारे में जानकारी दी है

जिस वर्तमान में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के रूप में जाना जाता है बाद के वर्षो में परेड किंग्जवे लाल किला और रामलीला मैदान में आयोजित की गई

उस समय राजपथ को किंग्जवे नाम से जाना जाता था

राज्यपाल फागू चौहान ने आज सैनिक कल्याण निदेशालय और राज्यपाल सचिवालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित वीर नारी सम्मान समारोह के तहत बानवे वीर नारियों को सम्मानित किया वर्ष उन्नीस सौ सड़सठ से दो हजार तीन के दौरान सीमा पर फायरिंग आतंकवादी हमले और युद्ध के दौरान शहीद होने वाले अधिकारियों और जवानों के महिला परिजनों को आज सम्मानित किया गया प्रदेश में यूरिया की कालाबाजारी और खाद की कमी की मिल रही शिकायतों के बाद कृषि विभाग के अधिकारियों ने राज्य के विभिन्न जिलों में खाद विक्रेताओं के ठिकानों पर छापेमारी की गोपालगंज मधुबनी और गया जिले में छापेमारी के दौरान कालाबाजारी के लिये रखे गये यूरिया के बोरे को जब्त किया गया है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि राज्य में यूरिया का पर्याप्त भंडार है उन्होंने किसानों से यूरिया की किल्लत की किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है कृषि मंत्री ने कहा कि कालाबाजारी और धांधली की शिकायत मिलने पर कठोर कार्रवाई की जा रही है निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने शिवहर जिले के तरियानी के अंचल निरीक्षक ईश्वर चंद्र सिंह को नौ हजार रूपये घूस लेते हुए उसके कार्यालय से रंगे हाथ गिरफ्तार किया है अंचल निरीक्षक एक व्यक्ति की जमीन का दाखिल खारिज करने के एवज में यह घूस ले रहा था मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में दोषी ठहराये गये ब्रजेश ठाक्र और मध् की एक अन्य मामले में जल्द ही न्यायालय में पेशी करायी जायेगी यह मामला स्वधार गृह से ग्यारह महिलाओं और चार बच्चों के लापता होने से संबंधित है मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार ने बताया कि ब्रजेश ठाकुर और मधु पर ट्रायल चलेगा श्री कुमार ने बताया कि दोनों पर मुजफ्फरपुर के एससी एसटी कोर्ट में आरोप गठित किये जायेंगे प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज दोपहर बाद ध्रप खिली रहने से लोगों को कड़ाके की ठंड से मामूली राहत मिली है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के पूर्वानुमान में बताया है कि सुबह और शाम ठंड का असर रहेगा वहीं छब्बीस जनवरी तक ठंड और कोहरे की स्थिति बनी रहेगी शुक्रवार से हिमालयी क्षेत्र में एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा जिसके प्रभाव से अगले कुछ दिनों में उत्तर बिहार के कुछ हिस्सों में बादल छाये रहेंगे और ब्रंदाबांदी भी हो सकती है इधर आज छह दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ छपरा प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा गया का न्यूनतम तापमान छह दशमलव नौ डिग्री सेल्सियस सबौर का सात और पटना का न्यूनतम तापमान नौ दशमलव दो डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया घने कोहरे के कारण ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है कई ट्रेनें अत्याधिक विलंब से चल रही हैं पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि दिल्ली इस्लामपुर मगध एक्सप्रेस का आंशिक समापन आज पटना जंक्शन पर ही कर दिया गया आज इस ट्रेन को इस्लामपुर के स्थान पर पटना जंक्शन से ही दिल्ली के लिये रवाना किया जायेगा पटना में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला टी टवेंटी क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब बांग्लादेश ने जीत लिया है ऊर्जा स्टेडियम में खेले गये फाईनल मुकाबले में बांग्लादेश ने इंडिया बी को चौदह रनों से हरा दिया इससे पूर्व तीसरे स्थान के लिये खेले गये मुकाबले में इंडिया ए ने थाईलैंड को सात विकेट से पराजित कर दिया पटना के दानापुर में बिहार रेजीमेंटल सेंटर स्थित करगिल गेट के पास अपराधियों ने एक पूर्व सैनिक से छह लाख रुपए लूट लिये

इधर मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या एक सौ छह पर डंडारी के पास अपराधियों ने एक व्यवसायी से तीन लाख से अधिक रूपये लूट लिये समस्तीपुर जिले में पुलिस ने गद्दोपुर गांव में छापेमारी कर एक घर में संचालित मिनीगन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है इस मामले में तीन तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में हथियार और हथियार बनाने के उपकरण जब्त किये गये हैं बक्सर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र में बस और पिकअप वैन की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गयी जबकि छह अन्य घायल हो गये पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रवीण कुमार गिरी ने कार्य में लापरवाही के कारण तेरह कार्यपालक सहायकों से जवाब तलब किया है वैशाली जिले के जंदाहा थाना क्षेत्र के चकफतहा गांव के पास अज्ञात अपराधी पचास लाख रूपये मूल्य की दवाओं के साथ एक ट्रक लेकर फरार हो गये पश्चिम चंपारण जिले में पुलिस ने हत्या और लूट को अंजाम देने वाले एक संगठित गिरोह के पांच अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया शेखप्रा जिले के शेखोप्र सराय थाना क्षेत्र के क्षेमा गांव से प्रलिस ने चालीस कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद की है

शीर्ष न्यायालय ने केन्द्र सरकार से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा

लोगों को हो रही है परेशानी